केन्द्रीय कृषि विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत छियासठ लाख स्व सहायता समूह बनाये गये जिनमें सात करोड ग्रामीण महिलाएं हैं शामिल प्रदेश में कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर

देश में एक दिन में करीब नौ लाख कोविड जांच का बना रिकार्ड

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल से शुरू हो रहे प्रदेश विधानमंडल के आगामी सत्र के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये प्रत्येक स्तर पर सावधानी बरतना जरूरी है मुख्यमंत्री कल एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन की टेस्टिंग में वृद्धि की कार्रवाई को निरन्तर जारी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में पचहत्तर से अस्सी हजार रैपिड एंटीजन टेस्ट तथा चालिस से पैंतालिस हजार आरटीपीसी आर विधि से टेस्ट प्रतिदिन किये जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन घरों में ही किया जाये सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति नहीं दी जायेगी उन्होंने बरेली गोरखपुर प्रयागराज तथा बस्ती जिले में विशेष सतर्कता बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिये उन्होंने लखनऊ तथा कानपुर में कोविड नाइन्टीन के मामलों को नियंत्रित करने तथा चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये प्रभावी कदम उठाने के लिये भी कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनपदों में ए एल एस तथा एक सौ आठ ऐम्बुलेंस सेवाओं के पचास प्रतिशत वाहन कोरोना संक्रमितों के लिये उपयोग किये जाये उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय तथा आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना के लिये कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकाल का पालन करते हुए प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन पूरी क्षमता से कराने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिये हर घर जल योजना के कार्यो में और तेजी लाई जाये उच्चतम न्यायालय ने कोविड नाइन्टीन महामारी से राहत के लिए गठित पीएम केयर्स निधि में जमा धनराशि को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया कल न्यायालय की पीठ ने यह भी व्यवस्था दी कि पीएम केयर्स में दिया गया चंदा चौरिटेबल ट्रस्ट की निधि है न्यायालय ने कहा कि एनडीआरएफ में अंशदान करने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स निधि में जमा की गई राशि एन डी आर एफ से पूरी तरह भिन्न है कोविड नाइन्टीन के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इस संबंध में केन्द्र द्वारा तैयार की गई योजना महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त है केन्द्र सरकार ने कहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने देश में छियासठ लाख स्व सहायता समूह बनाने के लिए सहायता दी है इनसे सात करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए देशभर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को मदद दी जा रही है मिशन ने एक सौ उन्हत्तर उत्पादक उद्यमों और दो लाख अठहत्तर हजार महिला किसानों को मदद दी है इस अवसर पर केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि तथा बागवानी उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन का बहत महत्व है केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं की क्षमता बढ़ाने के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया है उन्होंने कहा कि समावेशी सशक्तिकरण का माहौल बनने से अल्पसंख्यक समुदायों के युवा बड़ी संख्या में उच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिए चुने जा रहे हैं इस वर्ष भी इन समुदायों के एक सौ पैंतालिस युवा सिविल सेवा के लिए चुने गए हैं श्री नकवी ने बताया कि युवाओं को नई उड़ान योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि वर्ष दो हजार चौदह से पहले अल्पसंख्यक समुदायों के केवल तीन करोड विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती थी जबकि नरेन्द्र मोदी सरकार के समावेशी सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता से पिछले छह वर्षो के दौरान ऐसे चार करोड़ साठ लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी गई है इनमें से पचास प्रतिशत से अधिक लाभार्थी लड़कियां हैं प्रदेश में शारदा घाघरा सरयू सहित कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है राज्य के सोलह जनपदों के आठ सौ अड़तीस गांव इस समय बाढ़ से प्रभावित है

बाढ़ प्रभावित जनपदों हैं अंबेडकर नगर अयोध्या आजमगढ़ बहराइच बलिया बाराबंकी बस्ती बदाप्रू देवरिया गोंडा गोरखपुर लखीमपुर खीरी कुशीनगर मक संतकबीरनगर और सीतापुर शारदा घाघरा सरयू सहित कई नदियां लखीमपुर बाराबंकी अयोध्या और बलिया जनपदों में विमिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के अट्ठाईस जनपदों में निःशुल्क पश् टीकाकरण अभियान कल से शुरू हो गया है प्रदेश के पशु विभाग द्वारा लखनऊ में आयोजित बैठक में अट्ठाईस जिलों के मुख्य पश् चिकित्साधिकारी तथा जनपदीय नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में होने वाली एक खतरनाक बीमारी है इससे पशु कमजोर हो जाते हैं और उनकी जान भी चली जाती है जिससे हमारे पशुधन को काफी नुकसान होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से कोविड महामारी के दौरान मानसून के मौसम में आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है उन्होंने कहा कि यह ऊष्ण कटिबंधीय और विषाणु जनित बीमारियों का मौसम है इसलिए अधिक ऐहतियात बरतने की आवश्यकता है श्री मोदी ने कहा कि सरकार भी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और प्रभावित लोगों की देखभाल सुनिश्चित कर रही है देश में कोरोना जांच की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और देश एक ही दिन में दस लाख परीक्षण करने के काफी पास पहुंच गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि यह शानदार उपलब्धि टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट की रणनीति पर कड़ाई से अमल से हासिल हो पायी है उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के साथ साथ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के संकल्प और दृढ़ निश्चय से कोविड नाइन्टीन रोगियों का पता लगाकर उन्हें आइसोलेशन में रखने के लिए जो इंतजाम किये गये उनसे दैनिक परीक्षणों की संख्या बढ़ाने में बड़ी मदद मिली देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक दिन में कोविड नाइन्टीन के सबसे अधिक लगभग अट्ठावन हजार रोगी स्वस्थ हुए हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि इस महामारी से अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग बीस लाख के करीब पहुंच गई है

देश में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर तिहत्तर दशमलव एक आठ प्रतिशत हो गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश में कोविड नाइन्टीन से मरने वालों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है